कैबिनेट फैसले राज्य मंत्रीमंडल ने प्रदेश में उद्योगों को राहत देने के लिए उप समिति के गठन का फैसला लिया है यह जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को दी

जबकि त्रिस्तरीय पंचायतों ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को भी बजट आवंटित किया जाएगा

श्री कौशिक ने बताया कि प्रदेश में म्ख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गयी है इसके तहत केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि के साथ ही राज्य सरकार भी अंशदान करेगी उन्होंने बताया कि बीज खरीद के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर टिहरी भरसार विश्वविद्यालय और आईसीएआर के लिए अन्मति दी गयी है

इसके अन्तर्गत नाम परिभाषा नोटिस भेजना अधिसूचना जारी करना आदि को स्पष्ट किया गया है

यह पद विभागीय पद होगा

साथ ही सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिन्दी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाएगा

आज दो मामले सामने आये हैं जिनमें से एक नैनीताल का और दूसरा देहरादून का है नैनीताल में संक्रमित व्यक्ति हैदराबाद से लौटा है

इनमें से तीन मामले देहरादून के हैं इनमें से एक व्यक्ति मुंबई से लौटा है जबकि दूसरा व्यक्ति संक्रमित मरीज के संपर्क में आया था कल टिहरी जिले के पांच मामले सामने आये यह सभी लोग मुंबई से लौटे हैं

सीएम वीसी म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को ग्राम प्रधानों आशा कार्यकत्रियों आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों दवारा की जाने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि जो लोग उत्तराखण्ड आना चाहते हैं उन्हें लाया जाएगा साथ ही घर लौटने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त और व्यस्त भी रखना है प्रधानों की बढ़ी जिम्मेदारियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं उन्होंने निर्देश दिये कि प्रधानों का जो भी खर्चा होता है उसकी प्रतिपूर्ति प्राथमिकता से की जाए म्ख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों पॉजिटिव केस पहले की अपेक्षा अधिक बढ़े है लेकिन हमारी तैयारी बेहतर है उन्होंने कहा कि कोरोना से लम्बी लड़ाई है इसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार रहना होगा

अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी किये हैं तबादला आदेश के अन्सार मंगेश घिल्डियाल को टिहरी का जिलाधिकारी बनाया गया है उनके स्थान पर सुश्री वंदना को रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी निय्क्त किया गया है रुद्रप्रयाग में तैनात अपर जिलाधिकारी अरविंद पांडेय को देहरादून में अपर जिलाधिकारी बनाया गया है उनकी जगह रामशरण को देहरादून से रुद्रप्रयाग भेजा गया है रेल मंत्रालय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे ने पहली जून से दो सौ रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है जिनकी ब्किंग आज स्बह दस बजे से श्रू हो गई है उन्होंने कहा कि पहली मई को चार रेलगाडियां चलाई गई थीं जिनसे लगभग पांच लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि टिकट ब्क करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है

वहीं रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातान्कूलित और गैर वातान्कूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी सामान्य बोगियो में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी

रेल मंत्रालय के अन्सार ये ट्रेनें पहले से चल रही श्रमिक विशेष और विशेष वातान्कूलित ट्रेनों के अलावा हैं मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां और उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी इन दो सौ रेलगाड़ियों में सामान्य किराया लिया जाएगा और सामान्य बोगियों के लिए द्वितीय श्रेणी का सीटिंग किराया लेकर यात्रियों को सीट दी जाएगी रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त बाजपेयी ने बताया है कि सभी रेलगाड़ियों को संक्रमण रहित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है

रेल मंत्रालय देहराद्रन से दिल्ली जनशताब्दी और देहरादून से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस के संचालन की अन्मति दी है इन दोनों ट्रेनों का संचालन एक जून से नियमित तौर पर श्रू हो जाएगा ट्रेनों के संचालन को लेकर मंत्रालय ने हर संभव तैयारी करने का ओदश दिया है उधर जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी सेवाएं श्रू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है यह जानकारी देते हुए एयरपोर्ट निदेशक डी के गौतम ने बताया कि एयरपोर्ट में साफ सफाई और सैनेटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है

अधिवक्ताओं को रिट पिटीशन एप्लीकेशन शपथपत्र प्रति शपथपत्र की कॉपी ई मेल के साथ साथ हार्ड कॉपी में भी रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करनी होगी हाईकोर्ट परिसर में जाने के लिये हाईकोर्ट स्टाफ और अधिवक्ताओं को गेट पास बनाना होगा

सरकारी सूचना के अन्सार शासन ने एक ज्लाई से परीक्षाएं आयोजित कर एक महीने के अंदर परीक्षाएं संपन्न कराने के निर्देश दिये हैं

इस बीच लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन ने मैराथन बैठक के बाद कई नियमों और शर्तों के साथ दुकानें और बाजार खोलने की अन्मति दी है

स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता होने पर ही वो घर से बाहर निकल सकेंगे इसके अलावा शाम सात बजे से स्बह सात बजे तक व्यक्ति या वाहन के निकलने की अन्मति नहीं होगी उन्होंने बताया कि जिले में सैलून और ब्यूटी पार्लरों को खोलने की अन्मति दी गई है मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा